मंत्रिमंडल ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को दो साल की अवधि के लिए स्थगित करने को भी स्वीकृति दी

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उत्तरी कश्मीर के केरन सैक्टर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए प्रदेश के दो जवानों संजीव कुमार व बालकृष्ण को भी श्रद्वांजलि अर्पित की

शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके मददेनजर ये फैसला लिया गया है विक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री विक्रम ठाक्र ने आज जस्वां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के गरली परागपुर और डाडासिबा में लोगों को सैनेटाईजर और मास्क वितरित किए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है विक्रम ठाक्र ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति विदेश या अन्य राज्यों से हिमाचल लौटा है तो वो इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात सात या संबंधित एसडीएम को दें अनुराग केंद्रीय वित्त व कारपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने सांसदों और मंत्रियों के वेतन भत्ते व पैंशन में कटौती के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि ये धनराशि देश के समेकित कोष में जाएगी जिसका उपयोग कोरोना आपदा से निपटने के लिए किया जाएगा

उन्होंने सभी से एकजुटता के साथ इस आपदा से निपटने और दृढ़ संकल्प के साथ प्रधानमंत्री के सुझाए उपायों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है

शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से सभी को मिलकर लड़ना होगा

उन्होंने कहा कि कोरोना से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार को अभी से दीर्घकालीन कार्य योजना पर विचार करना चाहिए

उपायुक्त अमित कश्यप ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने ये जानकारी दी है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज राजभवन में चिकित्सकों नर्सों और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया

राज्यपाल ने कहा कि सभी को इनकी सेवा भावना का सम्मान करना चाहिए

उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि यह सभी लोग तबलीगी जुमात से आए थे

इनमें से चार लोग दिल्ली जा चुके हैं

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि ये नागरिक दिल्ली से विशेष फलाईट के माध्यम से अमेरिका वापिस लौटेंगे

उन्होंने बताया कि टीम में शामिल सभी कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सैनेटाईजर मास्क और दस्ताने उलब्ध करवाये गए हैं

इसके अलावा बेला वर्मा ने कोरोना वायरस से बचाव बारे लोगों को जागरूक करने में भी सराहनीय कार्य किया है सहायता प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण क्वारंटाइन किए गये लोगों के भोजन की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है हालांकि कई स्थानों पर स्थानीय लोग भी इस कार्य में आगे आए हैं बिलासपुर जिले के कोठीपुरा स्थित नवोदय विद्यालय में हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों के करीब दो सौ लोगों को क्वारंटाईन किया गया है जिले की कोठीपुरा और राजपुरा पंचायतों के वाशिंदे जिला प्रशासन की देख रेख में इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था को आगे आये हैं

इसके अलावा इन लोगों को प्रतिदिन योगाभ्यास भी करवाया जा रहा है टैली मैडिसन पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज करवा रहे ऊना ज़िले के मरीजों के लिए टैली मैडिसन सुविधा आज से शुरू हो गई है

मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने टैली मैडिसन सुविधा के लिए मरीजों को मोबाईल नम्बर सात आठ सात छह चार नौ एक नौ पांच एक पर पंजीकरण करवाने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि पंजीकरण के बाद मरीज को टैली मैडिसन केंद्र आने की तिथि बताई जाएगी